इसके अलावा कल रात आयी जांच रिपोर्ट में खंड़वा में चार जमाती विदिशा में आठ वर्ष की एक बच्ची और छिंदवाड़ा में दो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

होशंगाबाद के इटारसी में भी एक कोरोना पाजिटिव मरीज मिलने की खबर है

वहीं खरगोन और छिंदवाड़ा में भी एक एक मरीज की मौत हुयी है

दूसरी ओर भोपाल और विदिशा सहित कई जिलों में प्रशासन ने कोरोना से जुड़ी खबरें बिना प्रष्टि के सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित नहीं करने के निर्देश दिए है विदिशा जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने कल बिना अधिकृत पुष्टि के कोरोना से जुड़ा कोई भी सूचना अथवा समाचार प्रसारित नहीं करने का आदेश जारी किया है

मुख्यमंत्री कोरोना कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर मोपाल और उज्जैन को पूरी तरह सील करने के निर्देश दिए हैं इसमें निर्देशों के तहत इन क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर आ जा नहीं सकेंगे साथ ही हाटस्पॉट एरिया में भी कोई कहीं आ जा नहीं सकेगा

इस राहत पैकेज की पिछले महीने घोषणा की गई थी चरक मोबाइल चिकित्सा भोपाल में निशातपुरा स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच के लिए एक चलित डॉक्टर बूथ तैयार किया है इसका नाम चरक रखा गया है इस बूथ के जरिये डॉक्टर कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आये बिना उनकी जाँच कर सकेंगे इस बूथ में जीरो कॉन्टैक्ट चेक अप की सुविधा के लिए दो स्थायी ग्लब्स और कांच की एक स्क्रीन है इन ग्लब्स को हर मरीज की जांच के बाद तुरंत सेनेटाइज करने की सुविधा भी है एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पीपीई किट की कमी की समस्या को कम करने में यह प्रणाली बहुत सहायक है टॉप पैरंट एप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों को घर पर ही रोचक तरीके से पढ़ाई जारी रखने में सहायक मोबाइल एप टॉप पैरंट लांच किया श्री चौहान ने बताया कि डिजी लैप आपकी पढ़ाई आपके घर योजना के माध्यम से विद्यार्थी अध्ययन सामग्री घर बैठे अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकेंगे

लॉकडाउन को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने घरों में ही इबादत करने की अपील की है